राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी कई जगहों पर कल भी मनाया जायेगा रामनवी का पर्व

इस सुची में प्रदेश की तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी ज्योतिरादत्य सिंधिया को पार्टी ने फिर गुना से उम्मीदवार बनाया है गुना के अलावा पार्टी ने विदिशा से शैलेंद्र पटेल और राजगढ़ से मोना सुस्तानी को उम्मीदवार बनाया है वहीं पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी को पंजाब के आनंदपुर साहिब से टिकट दिया गया है तो पंजाब के संगरूर से केवल सिंह ढिल्लन को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है इस सूची में बिहार और जम्मू कश्मीर की एक एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं उधर भाजपा आज प्रदेश की भोपाल और इन्दौर सहित बाकी सीटो पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है

मतदान प्रतिशत और बढ़ने की आशा है क्योंकि कुछ स्थानों से चुनाव दल अभी वापिस नहीं लौटे हैं

कांताराव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कान्ता राव ने स्वीप पार्टनर्स से कहा है कि लोकसभा चनाव में स्थानीय स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिये व्यापक कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करें

श्री कान्ता राव ने कल भोपाल में आयोजित स्वीप पार्टनर्स की बैठक में यह निर्देश दिये

श्री कांताराव ने सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिये कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति आज पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक में सौ वर्ष पहले किए गए नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे वे इस अवसर पर स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे

श्री नायडू इस स्मारक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच और कम्युनिकेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित नरसंहार प्रदर्शनी भी देखेंगे

इसका प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास करता है

रामनवमी वैदिक विद्वानों और शास्त्रों के जानकारों के अनुसार आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी संयुक्ता तिथि होने से दो दिन नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है आज नवरात्रि का अष्टमी और नवमी की तिथि मानने वाले श्रद्धालओं ने सबह से ही देवी मंदिरों में पुजा अर्चना का सिलसिला शुरू कर दिया है वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर देवी जागरण कन्या भोज आदि के आयोजन किये जा रहे हैं कल भी कई स्थानों पर कन्या पूजन और भण्डारे के आयोजन होंगे उधर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है श्रीमती पटेल ने कहा है कि भगवानश्रीराम ने मर्यादित जीवन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया गया था उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे श्रीराम के आदर्शो को जीवन में उतारे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी रामनवी पर्व की लोगों को बधाई दी है मौसम गर्मी प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है लेकिन कई स्थानों पर मौसम में अकस्मात आये बदलाव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है कल शाम सिवनी जिले में तेज आंधी चलने और ब्रंदाबांदी से खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है उधर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया

भोपाल होशंगाबाद बैतूल सीधी गुना राजगढ़ रतलाम और धार में पारा बयालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि शिवपुरी जबलपुर ग्वालियर सतनारीवा इंदौर सागर टीकमगढ और उज्जैन में तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है

आज मुंबई में चार बजे से मुंबई इंडियन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जबकि मोहाली में रात आठ बजे से रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोर का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा समाचार संक्षेप में आगरमालवा में कल महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त ने जिला मुख्यालय स्थित वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण किया मुरैना में पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है